श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रक्रति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास का आह्वान किया उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम अगली पीढियों को बेहतर पर्यावरण सौंपेंगे रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रघानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्माक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का श्मारंभ किया विश्व पर्यावरण दिवस संयक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से जुडे विभिन्न मृद्दों के प्रति लोगों को सजग बनाना है इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविता के आठ प्रतिशत हिस्से को अपने यहां सरक्षित करने में सफल रहा है इसमें प्रकृति के सभी पहलुओं के प्रति आदर भाव रखने की देश की समृद्ध संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है

ईस्वार के नाम से एक वन होता है जिसमें न कटाई होती है न चराई होती है प्रकृति के साथ हमारी जीवन है और अक्र लाइफ स्टा इल इज क्थि नेकर प्राणी जलवर क्नवर पक्षी पश् ऑल स्पीअशीज ऑफ द वर्लड आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ श्री जावडेकर ने इस अवसर पर शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने महाराष्ट्र के पृणे शहर में ऐसे ही एक नगर वन वाजरे की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नगर वन बेकार पड़े चालीस एकड़ भूमि में विकसित किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के वर्चअल समारोह में केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जन माह के पांच सौ रुपए भेजना शुरू कर रही है यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है लामार्थी दस जुन के बाद किसी भी दिन यह राशि निकाल सकेंगी यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी पहली किस्त के रूप में बीस करोड़ पांच लाख महिलाओं के जन धन खातों में दस हजार उन्तीस करोड़ रुपए जमा कराए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आठ जून से प्रदेश में धर्म स्थलों को आम लोगों के लिए खोले जाने से पूर्व वहां कोविड महामारी से बचाव के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाए श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे धर्मस्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी दें साथ ही धर्म स्थल पर सैनिटाइजर इंफ्रोरेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे उपकरण भी रखे जाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्म स्थल में एक समय में पांच से अधिक श्रद्वाल् न हों साथ ही श्रद्वाल् परिसर में किसी वस्तु को न छूएं लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की श्रंखला तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी साक्षानी व सतकता बरतना आवश्यक है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए तेजी से प्रयास करने के भी निर्देश दिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक पांच हजार चार सौ उन्तालीस लोग ठीक हो चुके हैं कल एक सौ पच्चासी लोगों को स्वस्थ हो जाने पर विभिन्न अस्पतालों से छट्टी दे दी गयी राज्य में फिलहाल तीन हजार पांच सी तिरफन रोगियों का उपचार चल रहा है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी आंकड़ों के अनुसार गोरखपर में तीन नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ सत्रह हो गयी है वाराणसी में तेरह नए मामले मिले हैं जिसके बाद जिले में संक्रमित लोगों की तादाद दो सौ छ पहंच गयी जौनपुर में चौदह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद यहां संक्रमण के कुल मामले दो सौ आठ हो गये बस्ती में ग्यारह नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों की तादाद दो सौ बीस पहुंच गयी है अयोब्या में भी ग्यारह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है जिले में संक्रमित लोगों की संख्या एक सौ सत्ताईस है आजमगढ़ में दो नए रोगी मिलने के बाद क्ल मामले बढ़कर एक सौ छबीस हो गये हैं सिद्वार्थनगर में दो लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के साथ ही जिले में संक्रमित लोगों की संख्या एक सौ उन्तालीस पहुंच गयी है देवरिया में ग्यारह लोगों में संक्रमण की प्ष्टि होने के बाद क्ल मामले एक सौ बारह हो गये हैं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान रूक रूक कर हत्की से मध्यम वर्षा हो रही है इससे तापमान में गिरावट आयी है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है गोरखपूर सिद्वार्थनगर वाराणसी अयोध्या चंदौली आजमगढ़ और महराजगंज सहित विभिन्न जिलों में दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बुंदाबांदी हई कहीं कहीं तेज वर्षा के भी समाचार हैं मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है